राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मंजूर किया ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा का इस्तीफा मुख्यमंत्री के पास रहेगा ऊर्जा विभाग भाजपा ने अनिल शर्मा पर मंडी की जनता से विश्वासघात करने का लगाया आरोप और कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पार्टी पदाधिकारियों से पूरी निष्ठा से चुनाव प्रचार में जुटने का किया आहवान

ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया हैं भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने के लिए चुनावी रैलियां कर रहे हैं भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशियों ने आज अपने अपने क्षेत्रों में चुनावी जनसभाएं कर अपनी अपनी जीत के दावे किए इस्तीफा मंजूर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है उल्लेखनीय है कि अनिल शर्मा ने कल अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था ऊर्जा विभाग का कार्यभार अब मुख्यमंत्री के पास रहेगा भाजपा प्रदेश भाजपा ने मंडी के विधायक अनिल शर्मा को विधानसभा की सदस्यता से नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देकर दोबारा चुनाव लड़ने की सलाह दी है पार्टी महासचिव चंद्रमोहन ठाकुर और उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने आज शिमला में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में अनिल शर्मा पर मंडी की जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जनहित को छोड़कर परिवार को चुना है इन नेताओं ने अनिल शर्मा को भाजपा में रहने या न रहने के बारे में स्थिति जल्द स्पष्ट करने की सलाह दी है

कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि अनिल शर्मा ने अपने बेटे के प्रचार के लिए मंत्री पद छोड़ा है और वे आश्रय शर्मा की जीत के लिए काम करेंगे उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पिछले पांच साल में देश में कोई काम नहीं किया और वोट मांगने के लिए भी पार्टी के पास कुछ नहीं है पार्टी प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने कहा कि उनके पिता अनिल शर्मा को जनता ने चुनकर विधानसभा भेजा है और वे जनता की सेवा के लिए काम करते रहेंगे

सत्ती ने कहा कि अनिल शर्मा को भाजपा की सदस्यता से भी नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए

मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने शिमला में बताया कि निर्वाचन आयोग की पहल पर विशेष मतदान केंद्रों का संचालन दिव्यांग मतदाताओं द्वारा ही किया जाएगा उन्होंने बताया कि मंडी ज़िले में सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के बनेड़ मतदान केंद्र में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या सौ फीसदी है देवेश कुमार ने कहा कि दृष्टि बाधित मतदाताओं के लिए ब्रेल वोटिंग प्रणाली शुरू की गई है मतदान केंद्रों पर उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्हों के साथ ब्रेल बेलेट पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे

दिव्यांग मतदाताओं को डम्मी ब्रेल पेपर दिया जाएगा ताकि वे ये जान सकें कि किस नम्बर पर कौन से उम्मीदवार का नाम अंकित है सभी मशीनों पर ब्रेल साईनेज भी बनाए गए हैं

शिमला में आज पदाधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने पार्टी द्वारा तय दिशा निर्देशों के अनुसार काम करने को कहा कुलदीप राठौर ने कहा कि चुनाव के बाद पदाधिकारियों के कामों का पूरा आंकलन किया जाएगा और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को बेहतर दायित्व से नवाजा जाएगा उन्होंने भाजपा के कथित दुष्प्रचार का डटकर सामना करने को कहा अनुराग हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने आज मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से चुनाव प्रचार किया उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता झूठे व तथ्यहीन व्यान देकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले पांच वर्ष में देश का समुचित विकास किया है और भारत को दुनिया में नई पहचान मिली है अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा पर लोकसभा चुनाव के दौरान ज्वलंत मुद्दों से भागने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि विकास कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है और पार्टी विकास को लेकर ही जनता के बीच जा रही है उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार की कथित नाकामियों को उजागर किया है सुरेश कश्यप शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने आज पांवटा साहिब क्षेत्र के कई स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं की उन्होंने दावा किया कि पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में अनेक योजनाए शुरू कीं जिनका उन्हें व्यापक लाभ मिल रहा हैं लोगों से अपने पक्ष में मतदान की अपील करते हुए उन्होंने वायदा किया कि वे शिमला संसदीय क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से संसद में उठायेंगे

कुल्लू ज़िले के भुंतर में आज भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए कोई विकास कार्य नहीं किया जबकि भाजपा ने समूचे देश के विकास को प्राथमिकता दी है गोबिंद ठाकुर ने लोगों से मजबूत सरकार बनाने के लिए एक बार फिर भाजपा के पक्ष में मतदान का आग्रह रामनवमी अष्टमी और रामनवमी के मौके पर आज प्रदेश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा सुबह से ही मंदिरों में श्रद्वालुओं की भीड़ रही और मां दुर्गा के महागौरी और सिद्विदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की गई सोलन के माता शूलिनी मंदिर में मां के जयकारो से वातावरण भक्तिमय बना रहा इस दौरान भक्तों ने कंजकाओं का पूजन कर मां का आर्शीवाद लिया

जनरल डायर ने बैसाखी पर राष्ट्रीय नेताओं सत्यपाल और शेफुदिन खिचलु की गिरफ्तारियों को शांतिपूर्वक ढ़ंग से विरोध कर रहे हजारों लोगों पर गोली चलवा दी थी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जलियांवाला बाग नरसंहार घटना में मारे गए लोगों को श्रद्वाजंलि दी है